उन्होंने कहा कि बजट के बाद सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं वित्तमंत्री राज्य सभा में देश की अर्थव्यवस्था पर एक अल्पकालीन चर्चा के दौरान उत्तर दे रही थी उन्होंने कहा कि देश में अभी किसी भी तरह की मंदी नहीं है वित्तमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जी एस टी सुधार बैंकों की पूजी मे वृद्धि और कई नीति संबंधी फैसले किये गये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके

ईटानगर में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री साई ने कहा कि राज्य के एक लौटे मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या को बढ़ाने की मांग को साकार करना चाहिए

इससे पहले आयोग ने विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों सिविल सोसायटी और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर राज्य में जनजातियों की स्थिति की जानकारी ली

राज्यपाल जो जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखे हुए है दौरे पर आए गणमान्य व्यक्तियों से कहा कि इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है उन्होने आयोग से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जनजातीय समुदायों पर केंद्रित परियोजना और कार्यक्रमों को लाने का आग्रह किया

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वार्षिक तोर्गीय उत्सव के आयोजन और मोन क्षेत्र से सी बी एस ई स्कूलों के श्रेष्ठ छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी की सराहना की इससे पहले समारोह में मुख्यमंत्री ने सी बी एस ई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार वितरित किए उन्होंने कहा कि शिक्षा मुख्य रुप से तीन स्तंभो पर खड़ा है वे है शिक्षक अभिभावक और विद्यार्थी श्री खाण्डू ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने में अभिभावकों की भूमिका को बढ़ाने को कहा

ताइ लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने अपनी पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ताइ लोगों की सराहना की उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि उनकी हमेशा यह प्रयास रहती है कि वे युवा पीढ़ी को अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने में प्रोत्साहित करें उन्होंने युवाओं से स्वयं के साथ साथ समाज के अच्छे भविष्य के लिए कार्य करने की अपील की उत्सव के पहले दिन ताइ जनजाती के विभिन्न समुदायों सहित असम और मणिपुर से विभिन्न सांस्कृतिक टोलियों ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया

उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश साहित्य सोसायटी के सहयोग से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया बिल्डिंग़ ब्रिजेस ट्र लिटरेचर की टेकलाईन के साथ तीन दिवसीय साहित्य उत्सव में किताबो की प्रदर्शनी पेनल डिस्काशन कविता पाठ चित्रकारी प्रतियोगिता और अपने पसंदीदा लेखकों के साथ बातचीत का सत्र रखा गया था ऑल तागिन युवा संगठन द्वारा आज बुलाए गए बारह घंटे का अपर सुबनसिरी जिला बंद शांतिपूर्ण संपन्न हुआ संगठन ने यह बंद राज्य सरकार को कानूनी तरीके से अपर सुबनसिरी और कामले जिले के बीच अंतर जिला सीमांत विभाजन रेखा बनाने के लिए पब्लिक हियरिग आयोजित करने की अपनी मांग को दोहराते हुए किया था